प्रधानमंत्री पांचवें पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि होंगे

रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लादिवोसस्तिक की उनकी यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र की पहली यात्रा है उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से इस क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच आपसी लाभदायक सहयोग में विकास की अपार क्षमता मिलेगी उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अनूठे संबंध हैं जो महत्वपूर्ण भागीदारी की नींव पर टिके हैं उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते व्यापार तथा निवेश के अवसर हैं विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है श्री गोखले ने कहा कि भारत और रूस तेल तथा गैस की खोज और दोहन में सहयोग बढ़ाने के लिए दो हजार बीस से दो हजार चौबीस की पांच वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे इस अवसर पर कई सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं प्रदेश सरकार ने लखनऊ में स्थापित होने वाले अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पचास एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुयी मंत्रिमण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकान्त शर्मा और सिद्दार्थनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि विश्वविद्यालय के लिये स्वास्थ्य विभाग बीस एकड़ जमीन देगा जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग पन्द्रह एकड़ भूमि की व्यवस्था करेगा शेष पन्द्रह एकड़ भूमि की व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल ने मुरादाबाद के कांठ तहसील में बनने वाले बस स्टेशन के लिये बारह सौ दस वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला किया है यह जमीन मुफ्त दी जायेगी दोनों प्रवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राज्य में सभी निगमों के गैर राजनीतिक उपाध्यक्षों को दस हजार रूपये आवास भत्ता देने का भी निर्णय लिया है इसके अलावा पाचवे वेतन आयोग के सदस्यों में फेर बदल की मंजूरी भी मंत्रिमण्डल ने दी उन्होंने बताया कि राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आयोग के अव्यक्ष होंगे आशुतोष टंडन डॉक्टर महेन्द्र सिंह और भूपेन्द्र सिंह चौधरी को आयोग का सदस्य बनाया गया है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत लैंडर विक्रम की चंद्रमा की सतह से निकटतम दूरी एक सौ चार और अधिकतम एक सौ अटाइस किलोमीटर रही एक रिपोर्ट लैंडर को कक्षा से बाहर निकालने और चंद्रमा के करीब ले जाने की डी ऑर्बिट प्रक्रिया कम अवधि की प्रक्रिया है इसे लैंडर विक्रम के इंजन को चालू करके किया जा रहा है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन के अनुसार ऑर्विटर और लैंडर अलग अलग कक्षाओं में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा विक्रम को चंद्रमा की सतह के और निकट लाने के लिए कल शाम ऐसी ही एक अंतिम प्रक्रिया होगी इस मिशन से सात सितम्बर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्र्व के पास विक्रम की सहज लैंडिंग हो सकेगी लैंडर विक्रम को कल चंद्रयान दो के ऑरविटर से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया था अमरीका द्वारा निर्मित आठ ए एच चौंसठ ई अपाचे हेलीकॉप्टर आज पठानकोट वायू सेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए गए इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से वायु सेना की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी इस अक्सर पर वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने के साथ ही वायू सेना के पास अत्याधुनिक श्रेणी के हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाएंगे राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये जल्द ही कई कदम उठाये जायेंगे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आज लखनऊ में बताया कि मिड डे मील ड्रेस सम्बन्धी एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराने के लिये शीघ्र ही चार अंकों का एक टोल फ्री नम्बर जारी किया जायेगा श्री ट्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति और उनकी अन्य समस्याओं के लिये प्रेरणा नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा जोर सोशल मीडिया के द्वारा विभाग में पारदर्शिता लाने पर हैं प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्छ जिलों में और पांच सितम्बर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों में कुछ स्थानों पर भारी तथा अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है